कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रमुख ऑक्सीाजन उत्पादकों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे बैठक में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच ऑक्सीजन के उत्पाादन और आपूर्ति की समीक्षा की जाएगी इससे पहले प्रधानमंत्री ने कोविड संक्रमण से अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्मंमंत्रियों के साथ बातचीत की इसमें गृहमंत्री अमित शाह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने आज सुबह सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आंतरिक बैठक में कोविड से उत्पन्न स्थिति की भी समीक्षा की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को सख्ती का निर्देश दिया है कल राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के निदेशक सुपरिटेंडेंट और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वैसे में इससे जुड़ी आवश्यक दवाओं के साथ सामान्य दवाओं की भी बाजार में किल्लत होने तथा कालाबाजारी किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं उन्होंने ड्रग्स निदेशक को कहा कि से कोरोना में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि इन दवाओं का स्टॉक वेरिफिकेशन भी हर सप्ताह किया जाए ताकि पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी मिल सके उन्होंने अस्पतालों के प्रतिनिधियों से कहा कि दवाओं को लेकर अफरा तफरी का माहौल नहीं बने इसे लेकर लोगों को जागरूक करने में सहयोग करें श्री सोरेन ने कोरोना को लेकर लोगों के बीच भ्रम को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को कैसे बेहतर चिकित्सीय सुविधाए मिले इसके लिए सरकार द्वारा चिकित्सीय संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वयस्क कोराना मरीजों के उपचार के लिए संशोधित क्लीनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं

गुर्दे या लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिवियर नहीं दी जा सकता जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर में हैं उन्हें रेमडेसिवियर लेने की जरूरत नहीं है

यह दवा उन मरीजों को भी दी जा सकती है जिनकी हालत स्टियोराएड लेने के बावजूद नहीं सुधार रही है तथा जिनमें कोई बैकटिरियल या फंगल संक्रमण न हो कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके लोग के प्लाज्मा से अन्य कोविड मरीजों का इलाज मुख्यत लक्षण आने के सात दिन के भीतर और केवल उपयुक्त प्लाज्मा डोनर मिलने की स्थिति में किया जा सकता है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से कोविड मरीजों के कैशलेस उपचार के दावों की समय से स्वीकृति सुनिश्चित करने को कहा है क्छ अस्पतालों द्वारा कैशलेस बीमा मना करने की खबरों पर वित्त मंत्री ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एससी खुंटिया से बात की ट्वीट कर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में कोविड को समग्र स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया था कैशलेस सेवा नेटवर्क अस्पतालों को साथ साथ अस्थायी अस्पतालों में भी उपलब्ध है

उन्होंने कहा कि टेलीफोन पर परामर्श को भी इसमें लाया जा सकता है वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा कंपनियों को निर्देश देगा कि वे कोविड मामलों की स्वीकृति और निपटान प्राथमिकता के आधार पर करे देश में बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है श्राइन बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है स्थिति में सुधार होते ही पंजीकरण फिर शुरु किया जाएगा

राज्य में सात हजार पांच सौ पनचानबे नए कोरोना संक्रमित मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चालीस हजार नौ सौ बयालीस हो गई है कल दो हजार तीन सौ तिहत्तर मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं जबकि एक सौ छह मरीजों की मौत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्ल संक्रमितों की संख्या एक लाख चौरासी हजार नौ सौ एक्यावन हो गई है अबतक प्रदेश में एक लाख बयालीस हजार दो सौ चौरानबे मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि कुल एक हजार सात सौ पंद्रह मरीजों की मौत हुई है राज्य की रिकवरी रेट छिहत्तर दशमलव नौ तीन प्रतिशत है

लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट आईएन पर पंजीकरण करा सकते हैं

कोविड मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य भर में एक हजार आठ सौ चौबीस नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड क्रियाशील हुए हैं

उन सभी जिलों में ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई है जहां से ज्यादा मरीज आ रहे हैं

राज्य के ग्यारह जिलों के तैंतीस प्रखंडों में श्रम सम्मान परियोजना चलायी जा रही है जिसमें गोड्डा जिले के मेहरमा गोड्डा सदर और ठाकुर गंगटी प्रखंड भी शामिल है

इसकी जानकारी उपायुक्त अरवा राजकमल ने दी है उन्होंने कहा कि जिले में अब कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर छह सौ तैंतीस हो गई है

इसमें सर्वाधिक गम्हरिया प्रखंड संक्रमित हैं खूंटी जिले में कल पांच सौ छब्बीस नये कोरोना संक्रमित मिलने से सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार चार सौ उनतीस हो गई है

इसके तहत मातृ शिशु अस्पताल के दो अलग अलग केंद्रों को कोविड वार्ड में बदल दिया गया है

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा